नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में आज से दो दिवसीय स्वच्छता अभियान की शुरूआत हुई इसमें कई मंत्रियों सांसदों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया इस अवसर पर श्री बिडला ने कहा कि स्वच्छता अभियान का उददेश्य स्वच्छता के संदेश को घर घर तक पहंचाता है स्वच्छता अभियान एक आन्दोलन बन गया है और सभी इसके प्रति सजग और सतर्क हैं

आज चेन्नई में उन्होंने कहा कि यदि कानून में एक गरीब व्यक्ति की एक अमीर व्यक्ति की तरह पहंच नहीं हो पाती है तो यह लोकतांत्रिक नैतिकता का उल्लंघन होगा उन्होंने न्यायाधीशों अधिवक्ताओं और न्यायालय के अधिकारियों सहित कानूनी पेशे से जुड़े सभी लोगों से कानून के शासन की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने का आहवान किया

वे आज मैसूरू में छात्रों को संबोधित कर रहे थे उपराष्ट्रपति ने कहा कि नैतिकता विरासत संस्कृति परंपरा हमारी शिक्षा प्रणाली का आधार बनना चाहिए ताकि छात्रों को प्रकृ ति समाज लैंगिक समानता और मातुभूमि के बारे में बताया जा सके

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पटवारी सहित अन्य विभिन्न पदों पर भर्तियों को मंजूरी दी है

इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि शहरों और गांवों को जोड़ने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी उन्होंने कहा कि रोडवेज का घाटा दूर करने के लिए भी सभी प्रयास किए जाएंगे

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस मोहम्मद रफीक ने आज लोक अदालतों का उद्घाटन किया

उनके जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष में जयपुर में आज लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया

वहीं आज जोधपुर में कोणार्क सर्किल से लेकर रक्षा प्रयोगशाला तक के मार्ग का नामकरण जनरल सगत सिंह के नाम पर किया गया

पुलिसकर्मी निष्ठा और उत्तरदायित्व के साथ काम करते हुए आमजन का विश्वास हासिल कर पुलिस की बेहतर छवी बना सकते है पुलिस महानिदेशक ने आज जयपुर में सम्पर्क सभा को संबोधित किया कार्यक्रम में उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को देश की सर्वश्रेष्ठ कमिश्नरेट बनाने का संकल्प दिलाया उन्होंने महिलाओं के सम्मान के साथ ही उनकी सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिये

मिशन के तहत गगनयान में भारतीय यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के महानिदेशक दमित्री रोगोजिन ने बैठक में हिस्सा लिया

जिले के सारे जलाशय लगभग सूख चुके हैं और जवाई बांध का पानी भी पैंदे तक पहुंच गया है हमारे पाली संवाददाता ने बताया कि अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं होने पर शहर में पेयजल के लिए रेलगाडी से पानी आपूर्ति की जाएगी

वर्षा नहीं होने से एक बार फिर तेज ध्रप और गर्मी का असर बना हुआ है

उधर चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज तेज गर्मी और उमस रही

सीकर के गोकुलपुरा बाईपास पर मोटरसाईकिल और ट्रोले की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र के डावरा गांव में कृषि कार्य करते समय करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई

इसमें विभिन्न प्रतियोगिता के विजेता स्कूली बच्चों को प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव ने पुरस्कृत किया

लंदन के लॉर्डस मैदान पर होने वाले इस मैच के साथ ही डेढ़ महीने से चले आ रहे विश्व कप के रोमांच का समापन हो जाएगा